कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

केन्द्र सरकार ने कल कोविड टीकाकरण की नीति को और उदार बनाने तथा तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान यह फैसला किया गया इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण अभियान जारी रहेगा

तीसरे चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक पचास प्रतिशत टीकों की आपूर्ति केन्द्र सरकार को करेंगे और बाकी पचास प्रतिशत राज्यों के साथ साथ ख्ले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में संसाधनों को उन्नत बनाने के प्रयास तेज करने की अपील की है क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाये रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें ताकि समी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से कल वर्वअल माध्यम से बातचीत की उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसिलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया महामारी के दौरान देश की अमूल्य सेवा के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टॉफ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और राष्ट्र की रणनीति के कारण भारत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सफल रहा था अब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है इसलिए सभी डॉक्टर और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ महामारी का सामना कर रहे हैं लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की आपूर्ति तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में केन्द्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किये हैं इस बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार है उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए बैठक के दौरान डॉक्टरों ने कोविड महामारी से निपटने के अनुभव सुनाए उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा सुधारने के सुझाव भी दिए डॉक्टरों ने महामारी से निपटने में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महामारी से निपटने के लिए ट्रैक ट्रेस और परीक्षण की रणनीति पर काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी प्रयोगशालाएं कोविड परीक्षण कर रही हैं और सरकार का ध्यान अधिकतम आरटी पीसीआर परीक्षण करने पर है

रेमडेसिविर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कडी निगरानी रखी जा रही है राज्यों से कहा गया है कि इसकी निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित बनाया जाये तथा इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौडा ने कल नई दिल्ली में दवा कम्पनियों के साथ बैठक की जिसमें रेमडेसिविर की उपलब्धता पर विचार विमर्श किया गया श्री गौडा ने कहा कि केन्द्र सरकार दवा निर्माताओं के लगातार सम्पर्क में है और उनसे मिलकर साप्ताहिक उत्पादन की योजना तैयार की गई है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले सप्ताह में रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना हो जायेगा प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि होती जा रही है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य करते हुए टेस्टिंग की क्षमता निरन्तर बढ़ायी जा रही है

बैठक में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाड़ कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया केंद्रीय गृह सचिव ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के लिए लिखा था कोविड मामलों में वृद्धि के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है

ये शहर हैं लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज और गोरखपुर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की आजीविका को बचाना भी है इसलिए इन शहरों में लॉकडाउन नहीं किया जायेगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के कारण कल गोरखपुर झाँसी मेरठ और वाराणसी के जिलाधिकारियों से टेलीफोन पर बात कर जिले में चल रहे कोरोना मरीजों के उपचार और टीकाकरण की जानकारी प्राप्त की राज्यपाल ने कहा कि कोरोना उपचार में प्रयोग होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के सभी उपाय किए जाने चाहिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान कल सम्पन्न हो गया राज्य के बीस जिलों में सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ जो कि शाम छः बजे तक चला कल लखनऊ वाराणसी आज़मगढ़ इटावा चित्रकूट बागपत मुज़फ्फरनगर गौतम बुद्धनगर बिजनौर अमरोहा बदायूं एटा मैनप्री कन्नौज ललितप्र प्रतापगढ़ सुल्तानप्र लखीमपुर खीरी गोंडा और महाराजगंज में वोट डाले गये

प्रदेश पंचायत चुनाव चार चरणों में कराया जा रहा है